आईजीएससी शिमला से शुक्रवार देर रात आई रिपोर्ट में दो मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है ये दोनों मरीज जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के निजी अस्पताल के कर्मचारी हैं संक्रमित पाया एक मरीज़ लैब टैक्नीशियन और दूसरा रिसेप्शनिस्ट है ये दोनों पीजीआई में कोरोना संक्रमण में मरने वाली महिला के संपर्क में आए थे

परामर्श में कहा गया है कि इस महामारी के प्रकोप के दौरान जन स्वास्थ्य की आपात स्थिति को देखते हुए लोगों में भय और चिंता बढ़ जाती है जिसकी वजह से कुछ लोगों और समुदायों के प्रति भेदभाव की आशंका का माहौल बन जाता है ऐसी गतिविधियों से वैमनस्य अराजकता और अनावश्यक सामाजिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं कोरोना वायरस के बारे में आशंकाओं और झूठी खबरों के कारण कुछ समुदायों और क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है इसी वजह से मंत्रालय ने यह परामर्श जारी किया है

आज प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रॅसिंग के माध्यम से इस मामले में विचार कर सकते है देश सहित प्रदेश में भी तबलीगी जमातियों के कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद सरकार कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार ने राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रदेश के लोगों को अलग अलग हैल्पलाईन नम्बर स्थापित किए है ताकि लोगों को आश्रय भोजन और चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा सके

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों को सैनिटाईज किया जाएगा

परमार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की और लोगों द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने पर संतोष जताया उपायुक्त आदेश सोलन ज़िला में चालकों की सुविधा के लिए सभी उपमंडलों में चिन्हित ढाबों को अगले आदेश तक प्रतिदिन हर समय खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने बताया कि कफ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए कार्यरत और आवश्यक सामग्री के परिवहन से जुड़े चालकों की सुविधा के लिए ये कदम उठाए गए हैं

दैनिक जागरण की सुर्खी है छह पॉजिटिव तबलीगियों की रिपोर्ट नेगेटिव बद्दी के दो लोग पॉजिटिव दिल्ली निवासी महिला के संपर्क में आए थे दोनों लोग दिव्य हिमाचल का कहना है हिमाचल में कोरोना के दो नए मामले आपका फैसला लिखता है सीएम ने केंद्र से मांगे पीपीई रैपिट डायग्नोस्टिक किट और वेंटिलेटर

दैनिक भास्कर का कहना है प्रदेश में दो और केस बद्दी में संक्रमित हुई महिला की चेन से जुड़े हैं दोनों अमर उजाला की सुर्खी है बद्दी के दो अस्पताल कर्मी भी पॉजिटिव यहीं इलाज कराने आई थी संक्रमति महिला

आपका फैसला लिखता है नालागढ़ के कोरोना पॉजिटिव जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव अमर उजाला का शीर्षक है नवजात बेटे की मौत पर पत्नी को गले तक नहीं लगा पाया जवान लौटा डयूटी पर कांस्टेबल अर्जुन गया था मरीज को बद्दी अस्पताल छोड़ने वायरस न फैले इसलिए दूर से की बात पत्र लिखता है डिप्ओं में तीन बाजारों में एक माह का राशन उपलब्ध यही अखबार लिखता है बढ़ सकता है लॉकडाउन सरकार आज लेगी फैसला पुलिस महानिदेशक एस आर मरडी के हवाले से आपका फैसला लिखता है अधिकारियों को हिदायत गाड़ियों का दुरूपयोग न करें